बोकारो सेल मे छह मई से प्रस्तावित मजदूरों की हड़ताल स्थगित प्लांट में ऑक्सीजन के उत्पादन में बाधा ना हो इसे लेकर यूनियनों ने लिया फैसला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

प्रवासी मजदूरों के वापस झारखंड आने से कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव ना हो इसके लिये झारखंड सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को हर हाल में कोरोना जांच कराने का आदेश जारी किया है राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस संक्रमण का विस्तार ना हो सके इसके लिये मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से आदेश जारी हुआ है इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण का विस्तार ना हो इसके लिए राज्य सरकार ने बाहर से झारखंड आ रहे मजदूरों के लिए कदम उठाया है उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है इस संकट की घड़ी में प्रवासी मजदूरों से साथ देने की अपील की है राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बाहर से झारखंड आ रहे प्रवासी मजदूरों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य है

इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से हर सुविधाएं वहीं मजदूरों को उनके घर से भेजने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराना होगा इसके अलावा जिन प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आयेगा उन्हें दो टेस्ट कराने होंगे और निगेटिव आने के बाद होम आइसोलेशन के बाद ही उन्हें वापस घर भेजा जायेगा इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक संक्रमण से निपटने की दिशा में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है श्री सोरेन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है यह हमारे शरीर को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है इस संक्रमण से बचाव के लिए दवाइयों से ज्यादा पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है ऐसी स्थिति में राज्य के अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन युक्त बेड अथवा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य एवं नियमित बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है संक्रमितों को ऑक्सीजन के लिए किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी की भयावहता को जागरूकता के अभाव में लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस वजह से यहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे इस दिशा में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं विशेषकर जिन लोगों की मौत हो रही है उनके परिजनों का कोविड टेस्ट हर हाल में हो इससे संक्रमण के फैलाव के स्तर का पता चल सकेगा इस मौके पर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कमार सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे और कोडरमा से विधायक श्रीमती नीरा यादव विधायक श्री अमित कुमार यादव जिला परिषद कार्यकारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी गुप्ता और उपायुक्त श्री रमेश घोलप के अलावा जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी ऑनलाइन मौजूद थे

हालांकि फिलहाल कृषि खनन और निर्माण कार्य पर रोक नहीं है इस कारण राजस्व संग्रहण पर पिछले वर्ष के पूर्ण लॉकडाउन की तरह व्यापक असर नहीं पड़ा हैं परंतु चालू वित्तीय वर्ष में भी राजस्व संग्रहण का लक्ष्य प्रभावित हुआ है श्री उरांव ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी फिलहाल पाबंदियों को लागू करने के पक्ष में है संक्रमण के फैलाव पर अंकुश के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर अंक्श लगाना जरूरी है उन्होंने कहा कि सभी को वैक्सीन लेना चाहिए वैक्सीन से कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है

राज्य में कोरोना संक्रमितों की सख्या बढ़कर दो लाख इक्यावन हजार से अधिक हो गयी है उनसठ हजार सात सौ से अधिक एक्टिव केस हैं अबतक सत्तर लाख पैंसठ हजार से अधिक नमूनों की जांच की गयी है राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमित रांची जिले में हैं यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बहत्तर हजार से अधिक है पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या छत्तीस हजार से अधिक है वहीं बोकारो और हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बारह हजार सात सौ से अधिक है जबकि धनबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बारह हजार दो सौ से अधिक है रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर दस हजार से अधिक हो गयी है जबकि कोडरमा में नौ हजार से अधिक कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है राज्य के हेल्थ केयर वर्कर फ्रंट लाईन वर्कर और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के छब्बीस लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका का प्रथम डोज दिया जा चुका है वहीं पांच लाख उन्नीस हजार से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज दिए गए हैं गैस एनजेसीएस यूनियन मोर्चा ने कोविड महामारी के संक्रमण को देखते हुए बीएसएल में छह मई की प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया है मोर्चा के नेताओं ने कहा कि कोविड महामारी देश के लिए संकट बना हुआ है और इस संकट की घड़ी में देश को सांस बीएसएल दे रहा है प्लांट में ऑक्सीजन के उत्पादन में कोई बाधा नहीं पहंचे और बीएसएल कर्मचारियों में संक्रमण नहीं फैले इसके लिए हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया

वर्चुअल मीटिंग में बीके चौधरी देवदीप सिंह दिवाकर साधु शरण गोप डीसी गोहाई प्रेम कुमार अनिरुद्ध राय ने भागल लिया

संक्रमण प्रभावित राजस्व ग्रामों में रहने वाले परिवारों का टेस्टिंग कराने का र्निदेश देते हुए चिकित्सीय सुविधा ससमय प्रदान करने को कहा है गुमला जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण में काफी वृद्वि हो रही है इसके साथ ही यह भी सूचना मिल रही है कि कई गाँवों में भी इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है

चाईबासा के एसडीपीओ दिलीप खलखो के नेतृत्व में गठित छापामारी दल द्वारा मुफस्सिल थाना के बासाटोंटो गांव के पास से पहले तीन आरोपियों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी निशानदेही पर ब्राउन शुगर सप्लायर महिला को भी गिरफ्तार कर लिया महिला आरोपी पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा थाना के हरहरगुद्द की रहने वाली है

आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली दो ट्रेनों को रद्द कर दिया है चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा यह जानकारी दी गई है कि हावड़ा से बड़बिल तक चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस और टाटा से हावड़ा चलने वाली ट्रेन को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है इसके अलावा धनबाद से एलेप्पी की ओर जाने वाली ट्रेन के मार्ग को बदला गया है यह ट्रेन अब चेन्नई नहीं जाकर श्री पेरंबूर से परिवर्तित मार्ग से एलेप्पी तक जाएगी सरायकेला खरसावां जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नयी पहल की जा रही है होम आइसोलेशन एवं घर पर ही कोरोना का उपचार करा रहे लोग अब फोन पर ऑक्सीजन सिलेंडर मेडिसिन किट एवं फूड पैकेट की होम डिलीवरी करा सकेंगे इस अभियान को सफल रूप से संचालित करने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल ने ग्रगल मीट के जरिए जिले के उद्योगपतियों के साथ बात चीत की बैठक में उपायुक्त द्वारा सभी उद्योगपतियों को इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है पीटीपीएस कॉलेज पतरातू में पीवीयूएनएल प्रबंधन द्वारा अस्थाई रूप से बनाए जा रहे एक सौ बेड के कोविड केअर सेन्टर का उप विकास आयुक्त एवम अनुमंडल पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया

इस कोविड केअर सेंटर के चालू हो जाने से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी सुविधा होगी साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव आज रांची स्थित पैतृक गांव रातू लाया गया इसके बाद रातू थाना में शव का अंतिम संस्कार किया गया अंतिम संस्कार में आसपास के लोग मौजूद थे इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों की आंखें नम थी रूपा के परिजनों ने सरकार से निष्पक्ष जांच कर इंसाफ की मांग की है

इस दौरान तापमान सामान्य रहेगा मौसम विज्ञान केंद्र रांची के विशेषज्ञ अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विछोभ के कारण रांची सहित पूरे राज्य में वर्षा हो रही है अगले पांच दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में वर्षा के साथ वजपात और तेज हवा चलने की संभावना है पष्विमी विछोभ का असर दक्षिणी और मध्य झारखंड मे दिख रहा है जिसके कारण झारखंड के मैदानी इलाकों मे अगले एक सप्ताह तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की संभवना है